अंतर एशिया संबंध सम्मेलन में महात्मा गांधी ने अपने भाषण में भारत के ग्रामों की चर्चा की थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हाल के समय में किसानों ने स्वयं को अनेक प्रतिबंधों से स्वतंत्र किया है और मिथक तोड़ने के प्रयास किए हैं आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मंडी के प्रतिबंधों से आजादी किसानों की प्रगति के नए आयाम स्थापित करेगी और उन्हें लाभ होगा

प्रदेश कांग्रेस ने झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह के नेतृत्व में आज रांची के मोरहाबादी स्थित गांधी प्रतिमा से राजभवन मार्च किया कांग्रेस केन्द्र से इस कानून को वापस लेने की मांग कर रही है राजभवन मार्च में प्रदेश अध्यक्ष डॉरामेश्वर उराँव और नेता विधायक दल आलमगीर आलम स्वास्थ मंत्री बन्ना ग्प्ता और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी शामिल हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद से पारित तीन कृषि सुधार विधेयकों को कल मंजूरी दे दी

इन कानूनों का उद्देश्य देश की कृषि व्यवस्था में बदलाव लाना और किसानों की आय बढ़ाना है नए विधेयक में किसी भी उपज के लिए बुआई से पहले समझौता करने का प्रावधान हैं इसके अनुसार किसानों को कृषि उपज के मूल्य का आश्वासन मिल सकेगा और किसान अपनी उपज कहीं भी बेच सकेंगे नए कानून का उद्देश्य किसानों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने के लिए कृषि उपज विपणन समिति मण्डी के अतिरिक्त अपनी उपज बेचने का विकल्प देना है यह मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद प्रणाली के अतिरिक्त होगा राज्य के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं उन्हें बोकारो जिले के नावाडीह प्रखंड के अलारगो गांव स्थित उनके आवास से बेहतर इलाज के लिए रांची ले जाया गया सिविल सर्जन डॉ अशोक कुमार पाठक ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सुबह जांच के क्रम में मंत्री पॉजिटिव पाए गए हैं उन्हें खांसी के बाद सांस लेने में तकलीफ हो रही थी शिक्षा मंत्री ने खुद भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर अपनी तबीयत खराब होने और रिम्स में जाने की बात साझा की है गोड्डा में सड़क की स्थिति सुधारने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चार सड़को के निर्माण की मंजूरी केन्द्र सरकार ने दी है गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि इसको लेकर टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है चारों सड़क के निर्माण और जीर्णोद्धार की पहल गोड्डा सांसद की पहल पर हुई है गोड़डा के पथरगामा में बेल्टिकरी बसंतराय से गोपीचक और बेलडीहा और अंबानी से सुढनिया को जोड़ा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिकसन आज एक वचुर्अल द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे इस दौरान दोनों देशों के बीच बौद्धिक सम्पदा सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और डेनमार्क अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होगा हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह वच्र्अल द्विपक्षीय शिखर बैठक दोनों देशों के बीच आपसी हित के प्रमुख मुद्दों को एक व्यापक दिशा देगी

राज्य में कोरोना संक्रमण को मात देने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है अबतक छियासठ हजार से अधिक लोगों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छट्टी मिली है

इधर पिछले चौबीस घंटे में नौ सौ चौहत्तर नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और नौ लोगों की मौत हो गई है इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर उनासी हजार नौ सौ नौ हो गई है अब तक छह सौ उनासी लोगों की मौत हो चुकी है

प्रॅदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर बारह हजार चार सौ तैंतीस हो गई है अबतक बीस लाख से अधिक सैंपल की जांच भी की जा चुकी है देश में कोविड से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या पचास लाख को पार कर गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट में कहा कि उपचार के बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या इस वर्ष जून एक लाख थी जिसमें अब काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओँ में बढ़ोतरी इलाज की मानक प्रक्रिया को लागू करने डॉक्टरों चिकित्सा सहायकों और अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले लोगों के पूर्ण समर्पण और प्रतिबद्वता से यह उपलब्धि हासिल हुई है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि शीघ्र जारी होने वाले दूसरे सेरो सर्वेक्षण से संकेत मिले हैं कि भारत कोविड के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने से अब भी काफी दूर है और लोगों को कोरोना संक्रमण से संबंधित सरकार के मानकों का पालन करते रहना चाहिए सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता से आशय है कि पर्याप्त संख्या में लोग प्रतिरक्षित हो जायें ताकि संक्रमण का प्रसार रोका जा सके स्वास्थ्य मंत्री सन्डे संवाद के माध्यम से सोशल मीडिया पर पुछे गये प्रश्नो का उत्तर दे रहे थे डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कोरोना संक्रमण दोबारा उभरने की रिपोर्ट की सक्रियता से जांच कर रहा है

स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कोविड इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी और रेमडेसिविर को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों को भी सलाह दी गई है कि वे इन जांच पद्वतियों का बहुत अधिक उपयोग न करे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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी और भारत की आजादी की लड़ाई में उनके योगदान का उल्लेख किया अपने मन की बात कार्यक्रम में कल श्री मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को बहादुरी और साहस का प्रतीक बताया गृहमंत्री अमित शाह ने शहीद भगतसिंह की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्वांजलि दी है एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी विचारों और सर्वोच्च बलिदान से स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी और देश के युवाओं को स्वाधीनता का संकल्प लेने के लिए जागरूक किया गुहमंत्री ने कहा कि भगत सिंह हम सभी के लिए हमेशा प्रेरणापुंज रहेंगे भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया फिर से शुरू करने का फैसला किया इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश में उत्कृष्टता के राष्ट्रीय केन्द्रों में तोक्यो ओलिंपिक में शामिल होने वाले पैरा एथलीटों और एथलीटों के लिए चरणबद्व तरीके से खेल गतिविधियां शुरू की जाएंगी

एथलीटों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खेल गतिवधियों में उन्हें अलग अलग समूहों में शामिल किया जायेगा खेल गतिविधियों का पहला चरण पांच अक्टूबर से शुरू होने की संभावना हैं

अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने उनकी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की है पलामू में जिला अधिवक्ता संघ पलामू के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश व उपायुक्त को पत्र लिखकर स्टाम्प टिकट उपलब्ध कराने की मांग की है उन्होंने पत्र में लिखा है कि राज्य में स्टाम्प भेंडरों की हड़ताल के चलते न्यायिक कोर्ट फी स्टाम्प व अन्य जरूरी टिकट का अभाव हो गया है जिससे न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं पाक्ड़ जिले में उत्पाद विभाग ने विदेशी शराब के नाम पर नकली शराब बेचने के मामले का खुलासा किया है

इस भजन को गाया है जर्मनी की गायिका ने